कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर आज होगी भाजपा विधायक दल की बैठक कांग्रेस के विधायक भी कर सकते है तैयारियों को लेकर चर्चा

इससे प्रत्यक्ष करों की दिशा में किये जा रहे सुधारों को और बढावा मिलेगा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने हाल के वर्षो में प्रत्यक्ष करों से संबंधित कई बडे सुधार किये हैं

इसके अलावा लाभांश वितरण कर भी समाप्त कर दिया गया था वेब पोर्टल के उद्घाटन के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे

वहीं कांग्रेस के विधायकों की भी आज बैठक होने की संभावना है इससे पहले जैसलमेर में कई दिनों से ठहरे हुए कांग्रेस विधायक कल जयपुर पहुंच गए उन्हें यहां एक होटल में ठहराया गया है कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों के मान जाने के बाद कांग्रेस में राजनैतिक माहोल फिलहाल शांत हो गया है आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणु गोपाल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात भी संभव है

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी के प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बेट्री वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण किया जा सकता है

राज्य के शिक्षाविदो ने भी शिक्षा नीति में दिए गए सुधारों को महत्वपूर्ण बताया है

हालांकि मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला भी बना हुआ है

केन्द्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में शिक्षा रोजगार ढांचागत विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई जा रही परियोजनाओं के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने शुरू हो गये है

कोरोना महामारी के कारण इस बार सभी बड़े मंदिरों में आमजन के प्रवेश की रोक रही इसलिए भगवान के जन्म की खुशियां घरों में रहकर ही मनाई गई कई मंदिरों में वर्चुअल तरीके से जन्मोत्सव में श्रृद्वालुओं को शामिल करने की व्यवस्था की गई सीकर के खाट्श्याम जी के मंदिर में भी सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया हमारे संवाददाता ने बताया कि कोरोना संकमण के कारण इस बार श्रद्धालुओं की अनुपस्थिति रही जिससे मंदिर प्रांगण में चहल पहल नजर नहीं आई

राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर में जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई